इस दौरान बिलासपुर में गृह रक्षा व अग्निशमन विभाग के जवानों ने आग बुझाने और घायल व्यक्तियों को बचाने की प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया इस बीच क्ल्लू में भी मॉकड़िल के दौरान जवानों ने आगजनी के बचाव का अभ्यास किया ऊना में अग्निशमन विभाग के जवानों ने आगजनी के दौरान विभिन्न सुरक्षा उपायों की विस्तार से जानकारी दी सोलन जिले के अर्की कण्डाघाट और नालागढ़ उपमण्डल में भी मॉकड़िल का आयोजन किया गया बालिका दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसका उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए कुल्लू में राजकीय कन्या विद्यालय सुल्तानपुर में जिला मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी हकीकत ढांडा की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर लगाया गया इस दौरान स्कूल की सभी छात्राओं को महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूक किया गया अनुराग ठाकुर भाजपा सांसद और लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं एक ब्यान में उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं ने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान दिया है और योजनाओं का उन्हें लाभ मिल रहा है अनुराग ठाक्र ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना वरिष्ठ नागरिक पैंशन योजना और बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज जैसी योजनाएं फायदेमंद साबित हुई हैं हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि चम्बा में प्रस्तावित सिकरीधार सीमेंट प्लांट के लिए सरकार ने विशेष पग उठाए हैं चम्बा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस माह के अंत तक इस प्लांट का शिलान्यास कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग की उन्नति के लिए प्रयासरत्त है और विभिन्न योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है हंसराज ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चारों संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की जाएगी

समारोह के आयोजक पुष्प राज ठाकुर ने बताया कि पहली बार केन्द्रीय कारागार कंडा में जेल बंदियों के लिए भी फिल्मों का मंचन किया जाएगा इस दौरान डॉक्यूमेंटरी फिल्मस शार्ट फिल्मस एनिमेशन और फीचर फिल्में भी दिखाई जाएंगी नवरात्र प्रदेश भर में इन दिनों शारदीय नवरात्रों की धूम है नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मां चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं इस अवसर पर विभिन्न शक्तिपीठों व मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है

इस दुर्घटना में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए हैं हादसे में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के छोटे भाई नित्यानद भारद्वाज की भी मृत्यु हो गई विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है

इस प्रतिस्पर्धा में जिले का ककड़ियार स्कूल पहले स्थान पर रहा समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया उन्होंने खिलाड़ियों से शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आहवान किया और कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं के सर्वागीण विकास में सहायक होते हैं क्रिकेट हिमाचल प्रदेश खेल सांस्कृतिक व पर्यावरण परिषद के तत्वावधान में शिमला के पुलिस ग्राउंड भराड़ी में कुसुम्पटी जोन के क्रिकेट टूर्नामेंट का आज शुभारम्भ हुआ परिषद के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने शुभारम्भ अवसर पर प्रतिभागियों से खेल को खेल की भावना से खेलने का आहवान किया कुसुम्पटी के विधायक अनिरूद्ध सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे मौसम प्रदेश की उंची चोटियों पर आज सुबह हुए हल्के हिमपात से जनजातीय इलाकों में शीत लहर बढ़ गई है

इस बर्फबारी से रोहतांग दर्रे पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है और आलू व सेब के सीजन के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है उधर कुल्लू जिले की उंची चोटियों पर भी आज सुबह हल्का हिमपात हुआ जबकि अन्य भागों में वर्षा का समाचार है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में भी वर्षा से तापमान में कमी आई है